आज से पूरे प्रदेश में प्रदूषण जांच को लेकर सघन अभियान चलाया जायेगा

और प्रदेश के पहले खादी मॉल का राजधानी पटना में उद्घाटन आज

पटना और राज्य के अन्य इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब होने के कारण यह फैसला किया गया है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किये जाने वाले उपायों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया इस संबंध में लिये गये फैसलों के बारे में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने संवाददाताओ से कहा कि वाहन प्रदूषण जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया जायेगा

पन्द्रह साल से पुराने सरकारी जितने वाहन हैं उनको बैन किया जा रहा है कॉमर्शिलय वाहन पटना महानगर के लिए बैन किया जा रहा है सरकारी वाहन पूरे राज्य के लिए बैन किया जा रहा है निजी वाहनों को यह छूट दी गयी है कि वह पुनः पीयूसी करा लें पॉलुशन चेक करा लें जिसके लिए विशेष कैंप परिवहन विभाग लगाया

मुख्य सचिव ने कहा कि खुले में हो रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अब निर्माण कार्य ढक कर करना होगा मुख्य सड़कों पर ध्रल को नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा

चाहे वह रोड के कंस्ट्रक्शन हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सरकारी क्षेत्र में जनको कवर करना होगा

या तो सरकारी जितने कंस्ट्रक्शन हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन हैं प्राइवेट जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं

इसके अलावा किसानों पर खेतों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगा दी गयी है दीपक कुमार ने कहा कि किरोसीन तेल मिलाकर ऑटो रिक्शा चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी आज से अभियान चलाया जायेगा इसके अलावा शहर में कचरा उठाने वाली गाड़ियों में कचरे को ढंककर ही डंपिंग प्वाईट पर ले जाने की व्यवस्था करने को कहा गया है गौरतलब है कि राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों में वायु गुणवत्ता की स्थिति अत्यंत खराब हो गयी है प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटना में हवा में प्रदूषण का स्तर चार गुना बढ़ गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक ए क्यू आई चार सौ से अधिक हो गया है जिसे अत्यंत खराब स्तर का बताया गया है गया और मूजफ्फरपूर में भी वायू गूणवत्ता की स्थिति खराब हुई है कणीय तत्व दो दशमलव पांच के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है

विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्कता बरतने और बाहर मास्क लगाकर निकलने को कहा है विशेष रूप से दमा और अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को सावधान रहने को कहा गया है आज भी पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खराब स्तर का चार सौ नौ रिकार्ड किया गया वहीं मुजफ्फरपुर का तीन सौ अठहत्तर और गया का वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ उनतीस रहा केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रद्षण अत्यंत गंभीर स्तर पर रहने पर स्वस्थ लोगों को भी परेशानी हो सकती है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं श्री नड़डा स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे साथ ही वे पार्टी के सक्रिय सदस्यों के अलावा कोर कमिटी और बिहार विधानमंडल के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे समझा जाता है कि बैठक के दौरान अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं यूजीसी ने उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए स्नातक और पीजी स्तर के बीस पाठ्यक्रमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है ये सभी बदलाव लर्निंग आउट कम आधारित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पर आधारित हैं यूजीसी ने बदले पाठ्यक्रमों को इसी सत्र से लागू करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन करेंगे इस मॉल में बीस प्रतिशत की छूट पर खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री की जायेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि मॉल संस्कृति के प्रति युवाओं और लोगों के बीच बढ़ते आकर्षण को देखते हुए खादी के उत्पादों को नये रुप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है पटना जिले के विक्रम प्रखंड में किसान पारंपरिक खेती से आगे बढते हुए व्यावसायिक खेती की ओर कदम बढा रहे हैं हमारी संवाददाता ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आय में बढोतरी और उन्नत फसल के लिए किसानों ने काले चावल की खेती को अपनाया है

धरना गांव के किसान मुन्ना सिंह कहते हैं कि काले चावल के फायदों के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने खेत में एक किलोग्राम बीज के साथ इस चावल की खेती की श्रूआत की

कृषि विशेषज्ञ लवकश शर्मा कहते हैं कि काले चावल की खेती में पानी की काफी कम मात्रा में आवश्यकता होती है

ट्रायल में काफी सफल रहा फिर हम लोगों से उसको स्प्रेड करने के लिए सोचा और अभी विहार में तकरीबन हमलोगों क माध्यम से डेढ़ सौ किसान इसकी खेती कर रहे हैं क्या है कि इसमें पानी की काफी कम आवश्यकता होती है

कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक नारायण भक्त बताते हैं कि काले चावल में प्रचूर मात्रा में लौह तत्व विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट पाये जाते हैं

कारण इसका है कि बाजार में काले चावल की कीमत बहत ज्यादा है काला चावल ब्लैक राइस बिहार के किसानों के लिए चावल की नई किस्म है

काले चावल की खेती के प्रति राज्य के किसानों का आकर्षित होना एक अच्छा संकेत है शरीर के लिए फायदेमंद होने के साथ ही कम पानी वाले इलाकों भी इसकी खेती की जा सकती है आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में सोमवार की देर रात हुए एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है सभी लोग एक ऑटो से हथौड़ी के सहिलाबली गांव जा रहे थे इसी दौरान एक बड़े वाहन ने टक्कर मार दी वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने छह लाख रूपये लूट लिये कटिहार शहर में अपराधियों ने जिले के न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद रेहान रजा और कोषागार पदाधिकारी संजय कुमार के घर से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली ओड़िशा के कटक में खेले जा रहे अंडर ट्वेंटी थ्री पुरुष वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मणिपुर को सतहत्तर रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने एक सौ इक्यावन रन बनाये जवाब में मणिपुर की टीम चौहत्तर रन पर ही ढ़ेर हो गई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है इंडिगो का सर्वर ठप डेढ सौ उड़ाने बाधित दैनिक जागरण की सुर्खी है पन्द्रह साल पुराने सभी सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध दैनिक भास्कर की एक सकारात्मक खबर है माईक्रोसॉफ्ट ने जापान में अजमाया फोर डे वीक कांसेप्ट तीन दिन छूट्टी से चालीस प्रतिशत बढ़ गयी कर्मचारियों को प्रोडक्टविटी

आज से पूरे प्रदेश में प्रदूषण जांच को लेकर सघन अभियान चलाया जायेगा

और प्रदेश के पहले खादी मॉल का राजधानी पटना में उद्घाटन आज